प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हये कहा कि इस राष्ट्रीय पीठ में अध्यक्ष के साथ ही एक केन्द्र का और राज्य का एक तकनीकी सदस्य होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल विधानसभा में यह घोषणा की उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए यह भी कहा कि किसानों की ऋण माफी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से बातचीत शुरू हो गयी है श्री गहलोत ने सदन को भरोसा दिलाया कि जिन राज्यों में किसानों का ऋण माफ हुआ है उनका अध्ययन करवाकर एक अच्छी योजना राज्य में लागू की जायेगी

बहस पर अपने जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने पचास साल में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया है मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की बजरी की किल्लत वित्तीय कृप्रबंधन जैसे मुद्दे और रिसर्जेट राजस्थान जैसे आयोजनों पर भी चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय सही नहीं था श्री गहलोत के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच राज्यपाल का अभिभाषण ध्वनिमत से पारित हो गया

आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है इस अवसर पर देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ की ओर से कन्या भ्रण हत्या को लेकर जनता को जागरूक करने के लिये अभियान भी चलाया जायेगा उधर बाड़मेर में बैटल एक्स डिविजन की डेजर्ट कैमल सफारी बेटियों को बचाने का संदेश लेकर कल बाड़मेर से जैसलमेर के लिये रवाना हुई यह दल बेटी बचाओं अभियान जैसे सामाजिक मुददों को लेकर चला है

यह मन की बात कार्यक्रम इस साल की पहली कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

कल प्रदेशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा मुख्य समारोह हरीशचन्द्र माथुर लोकप्रशासन संस्थान में आयोजित किया जायेगा इस बार के कार्यक्रम का विषय कोई मतदाता ना छूटे रखा गया है इस अवसर पर मतदान के प्रति जागरूकता के लिये प्रदर्शनियां लगाई जायेगी साथ ही नये मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा

ये पद दो चरणों में भरे जाने का प्रस्ताव है

अगले चरण में पहले से मौजूद खाली जगहों को भरने का काम भी शुरू हो गया है उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिसमें जैसे जैसे पद खाली होते जायेंगे उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया चलती जायेगी श्री गोयल ने कहा कि इन भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि रेलवे में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो का मौजूदा आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा राजधानी दिल्ली में कल विजय चौक से लाल किले तक गणतंत्र दिवस परेड का फूल ड्रैस रिहर्सल किया गया

मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में स्वच्छ भारत अभियान और सौभाग्य योजना जैसे विषयों पर झांकियां शामिल हैं राज्य में स्वेच्छा से विवाह करने वाले बालिगों को अब सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की जायेगी अतिरिक्त महानिदेशक जंगा श्रीनिवास राव ने एक परिपत्र जारी कर राज्य के सभी पुलिस उपायुक्तों और अधीक्षकों को ये निर्देश दिये है पुलिस मुख्यालय में इसके लिये एक महिला आईपीएस अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होगी श्री राव ने बताया कि अगले आदेश तक अपराध शाखा की पुलिस अधीक्षक लवली कटियार को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है यह परिपत्र उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जारी किया गया है सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाडा में चल रहे चौथ माता के मेले में आज मुख्य मेला आयोजित किया जायेगा इस मेले में दो दिन से दूरदराज से श्रद्वालुओं का आना जारी है

साहित्य का कुंभ कहा जाने वाला सालाना जलसा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है इस फेस्टिवल के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं आज सुबह होने वाले एक सत्र में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल होंगे इसके अलावा गुलजार सहित देश विदेश से आए कई ख्यातनाम लेखकों और साहित्यकारों के सत्र होंगे वहीं कल ही एक कार्यक्रम में जयपुर के प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के साहित्यकारों और पत्रकारों का सम्मान किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार साहित्यकारों और पत्रकारों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी नागौर जिले के बुटाटी गांव के पास एक कार के पलट जाने से एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक बच्चे सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए

प्रदेश के अनेक स्थानों पर सर्द हवाओं से घने कोहरे की स्थिति बन गई है कोहरे की वजह से बहरोड़ के पास एक ट्रोला सड़क किनारे खडे एक ट्रक में घूस गया इससे हाईवे पर लम्बा जाम लग गया

कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात अस्त व्यस्त हो गया है कई गाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं